कोरोना समीक्षा सीएम राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अभी दोबारा लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है साथ ही अमी स्कूल कॉलेज भी नहीं खोले जाएगे

सरकार इस काम में स्वयं सेवी संगठनों की मदद भी लेगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवाह समारोह में लोगों की संख्या सीमित रखें और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है

पिछले दिनों की तरह ही सबसे ज्यादा मरीज इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से ज्यादा सतर्क रहने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क को ही वैक्सीन मानना होगा

सतना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सर्दी खांसी बुखार तथा गले की खरास का इलाज फीवर क्लीनिक पर कराने की अपील की है उधर गुना में आईसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज की मृत्य पर कलेक्टर ने न्यायीक जांच के आदेश दिये हैं

भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस गुपकार अलायंस के सुर में कांग्रेस सुर मिला रही है उसे गुप्तचर संगठन कहा जाए तो उचित होगा इस संगठन के लोग चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं

सऊदी अरब की अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कल शनिवार और रविवार को होगा

जी ट्वेंटी देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करंगे

रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेड रमन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि यह नगदी व आभूषण किसके हैं यह अभी पता नहीं लग पाया है पकड़ा गया व्यक्ति भी सिर्फ कोरियर का काम कर रहा था और उसे यह सामान जयपुर मुंबई ट्रेन में देना था एक अन्य व्यक्ति फरार होने में सफल हो गया पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दे दी गई है छठ पर्व प्रदेश के विभिन्न भागों में छठ पूजा पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनायी जा रही है छठ पूजा के तीसरे दिन आज शाम को श्रद्वालुओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया चार दिवसीय समारोह का समापन कल सूर्य को प्रातः अर्घ्य के साथ होगा छठ पर्व सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की अराधना के लिए किया जाता है इस पर्व के दौरान लोग पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य का धन्यवाद करते हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कठिन समय में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं चिकित्सा अधिकारियों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है विश्व बाल दिवस विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है यह दिन बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने और बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है यह बच्चों के लिए बेहतर विश्व बनाने के उद्देश्य से संवाद और कार्य करने की भी प्रेरणा देता है आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉ यास्मीन अली हक ने कहा कि इस वर्ष विश्व बाल दिवस जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है मौसम प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है कहीं लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है आज उमरिया और डिंडोरी में बारिश से मौसम बदल गया

इस बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है

इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे